पटना वीमेन्स कॉलेज सहित राज्य के तेरह बीएड कॉलेजों की मान्यता रद्द

निर्वाचन आयोग ने पहली अप्रैल से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी में संशोधन के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुरोध को मंजूरी दे दी है इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मजदूरी कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ी है मजदूरी की नई दरें नए वित्त वर्ष की शुरूआत पर पहली अप्रैल को अधिसूचित की जाती हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोकसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता को देखते हुए इस बारे में निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी थी इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में मजद्री की दरें अलग अलग हैं और इस वजह से मजदूरी दरों में बढ़ोत्तरी भी अलग अलग होगी यह वृद्धि मौजूदा मजदूरी से पांच प्रतिशत तक अधिक हो सकती है सरकार ने स्थायी खाता संख्या पैन को आधार संख्या से जोड़ने की समयसीमा छह महीने बढ़ाकर तीस सितंबर दो हजार उन्नीस कर दी है पहले यह समयसीमा इकतीस मार्च तक थी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने एक बयान में कहा है कि यह फैसला मीडिया की उन खबरों को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि इकतीस मार्च तक आधार संख्या से लिंक न होने की स्थिति में पैन अवैध हो जाएंगे सीबीडीटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि आयकर रिटर्न भरते समय आज से आधार संख्या का उल्लेख करना और उसे लिंक करना अनिवार्य है आज से अलग अलग क्षेत्रों में होने वाले अधिकतर बदलावों से आम लोगों को राहत मिलेगी अंतरिम बजट में की गयी आयकर संबंधी छूट की घोषणा आज से लागू हो रही है इससे पांच लाख रूपये तक की सालाना आय अब कर मुक्त हो जायेगी पांच लाख तक आमदनी पर टैक्स में छूट मिलने से लाखों वेतनभोगियों को फायदा मिलेगा हालांकि एक अप्रैल से कर छूट पाने के लिये आईटीआर दाखिल करना जरूरी होगा इसके अलावा किफायदी श्रेणी के घरों पर जीएसटी अब पांच के बजाय एक फीसदी होगी जिससे ये घर सस्ते हो जायेंगे जीवन बीमा खरीदना भी आज से सस्ता होगा इसका लाभ बाईस से पचास साल तक की उम्र के लोगों को अधिक मिलेगा रेलवे में हो रहा एक बदलाव भी यात्रियों के लिये सुविधाजनक होगा एयर लायंस की तरह रेलवे भी एक ही यात्रा के दौरान एक के बाद दूसरी ट्रेनों से सफर करने की स्थिति में संयुक्त पीएनआर जारी करेगा इससे पहली ट्रेन विलंब होने पर कनेक्टिंग ट्रेने के छूट जाने पर बिना किसी शुल्क के पूरा किराया वापस मिलेगा आज से वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना भी अनिवार्य हो गया है इसके अलावा आज से ही पूरे देश में एक जैसे ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेंगे मतदान की तिथियों के नजदीक आने के साथ ही राज्य में चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ने लगा है विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा अपनी पार्टी के समर्थन और विपक्षी दलों के विरोध का सिलसिला भी तेज हो गया है पटना साहिब से भाजपा के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी के दक्षिण के बयनाड से चुनाव लड़ने पर सवाल उठाते हुये आरोप लगाया कि उन्होंने अमेठी ने भ्रम और झूठ का माहौल बना रखा था सच सामने आया तो वे पलायन कर गये वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि देश को मजबूर नहीं मजबूत सरकार चाहिये वहीं जमुई में महागठबंधन के उम्मीदवार भूदेव चौधरी के लिए चुनावी सभा में राजद नेता तेजस्वी यादव ने केन्द्र सरकार की असफलताओं को सामने रखा उन्होंने कहा कि राजग के पांच साल के शासनकाल में मंहगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच गयी है उधर रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुये कहा कि अमीरों का चौकीदार गरीबों के घर सेंधमारी कर रहा है इस बीच जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू करेंगे इधर पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता राबड़ी देवी ने टिकट बंटवारे पर अपने दोनों बेटों के बीच के तनाव को कम करने की कवायद शुरू कर दी है हालांकि पार्टी में विद्रोह के स्वर बुलंद होने लगे हैं तेजप्रताप यादव और एएम फातमी के बाद सीताराम यादव ने भी विद्रोह का विगुल फुंक दिया है उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है भाजपा के वरिष्ठ नेता और बक्सर के संसदीय क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार अश्विनी कुमार चौबे पर बक्सर के टाउन थाने में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया है बक्सर के किला मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान निर्धारित संख्या से अधिक गाड़ियों के काफिले के साथ चलने पर स्थानीय एसडीएम के साथ हयी नोंकझोंक के बाद अश्विनी कमार चौबे भाजपा के जिला अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह समेत लगभग एक सौ पचास अज्ञात लोगों खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी गयी इस बीच चुनाव आयोग ने भी मामले को गंभीरता से लिया है राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने मामले की जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी से मांगी है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बालामुरूगन ने बताया कि रिपोर्ट के समीक्षा के बाद कानून सम्मत कार्रवाई की जायेगी चुनाव आयोग ने चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिये कई कदम उठाये हैं निर्वाचन कार्यालय के कर्मी अब शैडो की तरह उम्मीदवारों के खर्च का आंकलन करेगी निर्वाचन कार्यों के लिये गठित व्यय कोषांग ग्रप्त रूप से एक एक उम्मीदवारों पर नजर रखेगा इस बीच रेलवे बोर्ड को अध्यक्ष बी के यादव ने रेलवे के सभी जोनों को पत्र लिखकर रेल परिसरों से सभी तरह के राजनीतिक विज्ञापनों को हटाने का निर्देश दिया है रेलवे से जुड़ी आचार संहित के उल्लंघन की कुछ घटनाओं के बाद यह कदम उठाया गया है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने पटना वीमेन्स कॉलेज एएम कॉलेज गया लक्ष्मी नारायण कॉलेज भागलपुर सहित राज्य के तेरह बीएड कॉलेजों की मान्यता सत्र दो हजार उन्नीस बीस के लिये रद्द कर दी है मान्यता रद्द होने का कारण नियमित शिक्षकों की कमी और ढांचागत सुविधाओं का अभाव है इन कॉलेजों ने एनसीटीई द्वारा प्रावधान के अनुसार कॉलेजों में शिक्षक और सुविधाओं की मांगी गयी ब्योरा भी उपलब्ध नहीं कराया था राज्य के सीमांचल और उत्तर बिहार के जिलों में कल रात तेज आंधी बारिश और ओलावृष्टि के कारण कच्चे घरों और फसलों को भारी नूकसान पहुंचा है हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि कई स्थानों पर तेज आंधी के कारण कच्चे घरों के छत उड़ गयीं अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है तेज आंधी और बारिश के कारण सीमांचल क्षेत्र के जिलों में फसलां को भारी नुकसान हुआ है अररिया में मक्के की खड़ी फसल को कई प्रखंडों में भारी क्षति हुई है पूर्णिया कटिहार सुपौल और मधेपुरा में भी आंधी और बारिश का असर देखा गया वहीं पूर्वी चंपारण जिले के ढाका और घोडासहन में बडे आकार के ओले गिरे दरभंगा सीतामढी में भी कई स्थानों पर तेज ओलावृष्टि हुई है फसल क्षति के आकलन के लिए संबंधित जिलों में अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं इस बीच मौसम में आये इस बदलाव से राज्यवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली है उधर नेपाल के बारा और पारसा जिलों में भीषण तूफान और बिजली गिरने से सत्ताईस लोग मारे गए हैं और करीब पांच सौ घायल हुए हैं रेलवे की चार सदस्यीय जांच कमिटी छपरा गोरखपुर रेल खंड पर हुये ताप्ती गंगा रेल दुर्घटना की जांच करेगी इस चार सदस्यीय समिति में उत्तर रेलवे के मुख्य संरक्षा अधिकारी मुख्य ट्रैक इंजीनियर मुख्य रोलिंग स्टॉक इंजीयिन और मुख्य सिग्नल इंजीनियर शामिल हैं इस बीच रेल खंड पर यातायात बहाल करने का प्रयास जारी है उत्तर पूर्व रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी संजय यादव ने बताया कि लूप लाइन से ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि मेन लाइन पर मरम्मत का कार्य जल्द पूरा कर आज दोपहर तक रेल परिचालन समान्य होने की संभावना है सासाराम में खेले गये पांचवीं बिहार राज्य मिनी अंडर ट्वेल्व हैंडबॉल प्रतियोगिता के बालक वर्ग का खिलाब पटना ने जीता वहीं बालिका वर्ग में सिवान की टीम चैंपियन बनी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने भाजपा के मैं भी चौकीदार अभियान को प्रमुख सुर्खी बनाते हुये शीर्षक दिया है गड्डे भरे हैं अब उम्मीदें पूरी करेंगे दैनिक जागरण ने राहुल गांधी के दो स्थानों से चुनाव लड़ने की खबर को प्रमुखता देते हुये शीर्षक दिया है अमेठी संग वायनाड से भी चुनाव लडेंगे राहुल गांधी दैनिक भास्कर ने आज से हो रहे बदलावों को पहले पन्ने पर जगह दी है शीर्षक है आज से नऐ नियम घर सस्ते होंगे कारें मंहगी प्रभात खबर ने मौसम मे परिवर्तन को बड़ी खबर बनाते हुये सुर्खी लगायी है मार्च कि अंतिम दिन आठ साल बाद गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड उनतालीस डिग्री पहुंचा पारा

पटना वीमेन्स कॉलेज सहित राज्य के तेरह बीएड कॉलेजों की मान्यता रद्द